राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई आज शाम पूरी हो गयी शीर्ष न्यायालय ने अयोध्या मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की पिछले चालीस दिनों से सुनवाई कर रही थी पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एसएबाबड़े डीवाई चन्द्रचूड़ अशोक भूषण और एसएनजोर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण उनकी सुरक्षा और आर्थिक उन्नयन के प्रति काफी गंभीर है

उन्होंने कहा कि महिला नोडल अधिकारियों की टीम में एक अधिकारी पुलिस विभाग की होगी

शासन की योजनाओं की सफलता में जनसहभागिता और जनजागरूकता अत्यंत आवश्यक है मुख्यमंत्री ने महिला नोडल अधिकारियों से इसमें सकारात्मक सहयोग देने के लिए कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यातायात के सामान्य नियमों की जानकारी और अनुपालन करने से बड़ी संख्या में दर्घटनाओं को रोका जा सकता है उन्होंने कहा कि अधिकतर दुर्घटनाएं असावधानी और मानवीय भूल के कारण होती हैं

उन्होंने कहा कि नियंत्रित गति हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग चालक के नियमित चेकअप जैसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर जनधन की बड़ी हानि को रोका जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है सड़क यातायात के नियमों को पाठ्यकम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए

पैरा मेडिकल स्टाफ को ट्रामा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाये प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग मुखौटे लगाकर की जाने वाली थाइलैंड को विश्व प्रसिद्ध खोन रामलीला के लिए पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है यह कार्यक्रम थाइलैंड सरकार के सहयोग से चल रहा है एक रिपोर्ट थाईलैंड की खोन रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है खोन रामलीला में पात्र मंच पर कोई संवाद नहीं बोलते हैं और रामायण की पूरी कथा को परदे के पीछ से सुनाया जाता है खोन रामलीला की प्रस्तुति बेहद मनमोहक होती है जिसकी वजह इसके पात्रों के खूबसूरत वस्त्र और सोने के मुखौटे होते हैं

ये कलाकार दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में अपनी प्रस्तुति देंगे सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

निर्मला सीतारमन कल कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर व्याख्यान दे रही थीं जम्मू कश्मीर सरकार लोगों को निःशुल्क कॉल करने की सुविधाएं देने के लिए कश्मोर डिविजन के प्रत्येक जिले में पचास पब्लिक कॉल बूथ पीसीओ स्थापित करेगी यह जानकारी कल कश्मीर के संभागीय आयुक्त बशीर अहमद खान ने दी उन्होंने कल बताया कि पीसीओ के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है इनकी सूची बीएसएनएल अधिकारियों को दे दी गई है और यह काम आज से शुरु हो जाएगा राज्य के सामान्य जन इस सुविधा का निःशुल्क इस्तेमाल कर सकेंगे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

केन्द्र सभी राज्यों को प्याज खाद्य तेल दलहन और तिलहन के मूल्य पर नियंत्रण के लिए इनके थोक व्यापारियों आयातकों और निर्यातकों के साथ नियमित बैठक करने का परामर्श देगा ये बैठकें राज्य और जिला स्तर पर विशेषकर त्यौहारों के मौसम में दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टाबाजारी पर निगरानी समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय खुफिया ब्यूरो दिल्ली पुलिस नैफेड विदेशी व्यापार महानिदेशालय विदेश मंत्रालय और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे निगरानी समूह को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया कृषि प्रतिनिधियों ने बताया कि खरीफ का प्याज आने के साथ ही मूल्यों में स्थिरता आ रही है और आने वाले दिनों में कीमतें कम होने का अनुमान है

अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल द्वारा जारी आदेश के अनुसार फील्ड में तैनात किसी भी अधिकारी को अत्यधिक अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने अपने कार्यालय पर उपस्थित रहेंगे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत करने के निर्देश दिये गये हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण पर प्रतिदिन रिपोर्ट देने की व्यवस्था करने को कहा है हरित अधिकरण ने कल कहा कि हवा की बिगड़ती गुणवत्ता दिल्ली एनसीआर में जानलेवा बीमारियों का कारण बन रही है

पीठ ने कहा है कि हर वर्ष अक्तूबर नवम्बर में दिल्ली तथा आस पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है जिससे नवजात शिश्रों तथा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो जाता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने रेलवे से कहा है कि वह माल लादने उतारने के दौरान होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उचित प्रणाली विकसित करे अधिकरण ने रेलवे स्टेशनों पर सीमेंट जैसे सामान को लादने और उतारने के दौरान होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खाद्य स्रक्षा मित्र योजना ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला की शुरुआत की नई दिल्ली में जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सही नीति और क्रियान्वयन से ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया कैम्पेन सफल साबित होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफएसएसए आई ने खाद्य सुरक्षा मित्र एफएसएम योजना की शुरुआत की है जिसके माध्यम से जागरूक लोगों को जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करने की योजना है प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता पीचिदंबरम को आज गिरफ्तार कर लिया है केन्द्रीय एजेंसी के जांचकर्ताओं के तीन सदस्यीय दल ने आज उन्हें धन शोधन रोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है

उस समय चिदंबरम केन्द्रीय वित्तमंत्री थे

चिदंबरम के पुत्र कार्ति भी इस मामले में गिरफ्तार किये जा चुके हैं